केन्द्र सरकार ने आधार के जरिये लिये गये मोबाईल कनेक्शनों के कट जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टो का किया खंडन

प्रदेशभर में आज विजयदशमी का पर्व रावण कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों का होगा दहन

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने देश में आपदाओं से कारगर तरीके से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आपदाओं से जुड़े विभिन्न संबद्ध पक्षों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त अभ्यास किये जाने चाहिए ताकि आपदाओं के समय जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर तरीके से कार्रवाई की जा सके प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के कार्य में विश्वस्तरीय विशेषज्ञता अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया

दूर संचार विभाग और भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कल नई दिल्ली में एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ये खबरें निराधार हैं वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के बीच अनावश्यक रूप से डर की भावना पैदा की गई है यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि आधार कार्ड के जरिए लिए गए मोबाइल कनैक्शनों को काटना होगा वक्तव्य में आगे कहा गया है कि दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई एक मोबाइल ऐप के जरिए नये सिम कार्ड जारी करने के लिए बाधा रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और यह आधार मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के पूरी तरह अनुकूल होगा

वे आज शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक आरके मिश्रा और महानिरीक्षक अनिल पालीवाल भी मौजूद रहेंगे

इन कार्यकमो की तैयारियों के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी मण्डलों में बैठकें सुनिश्चित की है

बीकानेर में कल सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई स्वीप कमेटी के सदस्य ने जिला निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक फैसबुक पेज और ट्वीटर अकाउंट के बारे में बताया जिले के श्रीड्रंगरगढ विधानसभा क्षेत्र के धर्मास सोनियासर मीठिया और द्रलचासर में महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मतदान में भागीदारी का आहवान किया गया झालावाड में स्वीप कार्यकम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का मिनी सचिवालय में आयोजन किया गया कार्यक्रम में आगामी विधानसभ चुनाव के मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई

इस दौरान श्री गांधी झालावाड़ में जन सभा को भी सम्बोधित करेंगे

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ जीका और स्वाइनफ्लू डेंगू स्कबटाइफस की स्थिति के बारे में विस्तार से समीक्षा की मुख्य सचिव ने वैक्टरजनित बीमारियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए कल शाम अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने भी स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की

श्रीमती गांधी ने टवीट कर कार्य स्थलों पर यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं से अनुरोध किया है कि अगर वे चाहती है तो औपचारिक रूप से आयोग से सम्पर्क कर सकती हैं उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी महिलाए इस बारे में आयोग को ई मेल भी कर सकती हैं

इस अवसर पर उन्होंने स्क्वाड्रन के स्पेशल डे कवर का भी लोकार्पण किया समारोह में स्क्वाड्रन से जुड़े वायुसैनिक और सेवानिवत्त वायुसैनिक भी शामिल हए

आज रावण कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जायेगा कोटा में आज शाम गढ पैलेस ेसे भगवान लक्ष्मीनारायण की शाही सवारी दशहरा मैदान पहुंचेगी जहां पर रावण दहन किया जायेगा चूरू जिले के सालासर में पांच दिवसीय मेला आज विशेष आरती के साथ शुरू हुआ बाडमेर और बालोतरा में जोघपुर से लाये गये रावण कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जायेगा बाडमेर के नागणेच्या माता गढ मंदिर में शस्त्र पूजन के बाद पथ प्रेरणा यात्रा निकाली जायेगी राजधानी जयपुर में रावण दहन के आयोजन के कारण यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है राज्यपाल कल्याण सिंह ने विजयदशमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि विजयदशमी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व का पर्व है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है